प्रदेश में कोरोना मामलों में कमी आने से पर्यटन कारोबार में हुई वृद्धि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

यह वैक्सीन सबसे पहले करीब तीन करोड़ स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाएगी इसके बाद पचास वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्तियों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को टीका लगाया जाएगा

उन्होंने कहा कि भारत में निर्मित उत्पादों और उपायों से पूरे विश्व को फायदा होगा

धर्मशाला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों के दौरान संक्रमण न बढ़े इसके लिए सरकार पूरी एहतियात बरत रही है पौंग बांध क्षेत्र में बर्ड फ्लू के चलते प्रवासी पक्षियों की मौत के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं क्षेत्र में पशुओं को छोड़ने और खेतीबाड़ी संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाई गई है

जयराम ठाकुर ने कहा कि बर्ड फ्लू से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए ज़िला प्रशासन और पशुपालन विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज सांसद व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी और विधायक विशाल नेहरिया भी इस दौरान मौजूद रहे बुर्ड फ्लू सोलन जिले में मृत मुर्गों के मिलने का क्रम लगातार जारी है जाबली के चक्की मोड़ के बाद अब ज़िले की बड़ोग सुरंग के करीब दो सौ मुर्गे मृत अवस्था में फैंके गए हैं पशुपालन विभाग के उपनिदेशक भरत भूषण गुप्ता ने बताया कि इनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए है उधर बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए लाहौल स्पीति प्रशासन ने ज़िले में मीट मछली और अंडे की बिक्री पर तुरंत प्रभाव से पाबंदी लगा दी है उपायुक्त पंकज राय ने बताया कि प्रशासन की ओर से आगामी आदेश जारी होने तक ये व्यवस्था लागू रहेगी प्रदेश कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर में वृद्धि लगातार जारी है

मतदान के दौरान कोरोना महामारी से बचाव में जारी एसओपी की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी

प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी चुनावों को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं शहीद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सैनिक कुलदीप सिंह के शहीद होने पर गहरा दुख व्यक्त किया है

मुख्यमंत्री ने शहीद कुलदीप सिंह के परिजनों से गहरी संवेदना जताई और कहा कि उनके शौर्य और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने भी कुलदीप सिंह की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया है

अभियान के तहत कृषि विधेयक पत्रक बांटे जाएंगे और मण्डल स्तर पर लोगों को कृषि बिल के बारे में जानकारी दी जाएगी

एक बयान में उन्होंने कहा कि इन कानूनों से देश के किसानों को कोई भी लाभ नहीं मिलेगा राठौर ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम पर अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाया गया है जिसकी जांच की जानी चाहिए लाहौल कोरोना कोरोना वैक्सीन लाँच होने से पहले ही लाहौल स्पीति जिला संक्रमण से मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है

ज़िला कोविड निगरानी अधिकारी डॉक्टर रंजीत वैद ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिक संख्या में सैंपलिंग की गई जिसके परिणाम स्वरूप ज़िले में कोरोना मामलों में कमी आई है उन्होंने कहा कि इसके अलावा स्थानीय लोगों ने भी सरकार के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया है